रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दो महत्वपूर्ण कृषि विधेयक पारित होने से आत्मनिर्भर कृषि की नींव और मजबूत हुई है उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने केन्द्र दवारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने का स्वागत किया

राज्यसभा द्वारा आवश्यक वस्त् संशोधन विधेयक पारित होने से इस पर संसद की मोहर लग गई है यह विधेयक केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों के दौरान ही केन्द्र सरकार को खादय वस्त्ओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अन्मति देता है यह विधेयक इस वर्ष जून में लागू किये जोन आवश्यक वस्त् संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हये उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री दानवे राव साहिब दादाराव ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक स्थानीय वस्त्ओं की खत बढ़ाने बारे पहलकदमियों को प्रोत्साहित करेगा

यह विधेयक किसानों को फसल अपनी इच्छान्सार बेचने की आज़ादी देगा मंत्री ने कहा कि यह विधेयक खादय उत्पादन और भंडारण प्रणाली कायम करने में मदद करेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संसद में दो महत्वपूर्ण कृषि विधेयक पारित होने से आत्मनिर्भर कृषि की नींव और मजबूत हई है उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश में आध्निक और विश्व स्त्रीय कृषि पर्यावरण प्रणाली का सुजन करेंगे जिसका किसानों के इलावा उपभोक्ताओं थोक व्यापारियों कृषि उद्योग एवं स्टार्टअप को फायदा होगा रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर किसानों के साथ विश्व मंडी में भारत की स्थिति और मजबूत होगा सभी शंकाओं को रद्द करते हये उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि मार्किट कमेटी सहित मौजूदा सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा रक्षा मंत्री ने कहा कि किये गये सुधारों से मौजूदा प्रणाली और मजबूत होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक अनोखी पहल में राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया डायलोग के दौरान प्रतिष्ठित खिलाड़ियां और नागरिकों से बातचीत करेंगे

इस ऑनलाइन वार्तालाप में प्रधानमंत्री के साथ साथ इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी अपनी फिटनेस यात्रा के अन्भव और अच्छे स्वास्थ्य के न्कते भी सांझा करेंगे

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनहित देखते हये गांव रतौर के क्षेत्र को पंचकूला के पुलिस थाना रायपुर रानी से बदलकर अम्बाला के प्लिस थाना नारायणगढ़ के साथ जोड़ने को स्वीकृति दे दी है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गांव रजौर राजस्व जिला अम्बाला के अंतर्गत आता है और गांव के प्रशासन सम्बधी कार्य खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी श्हजादप्र के माध्यम से होता है और गांव का राजव रिकार्ड भी तहसील नारायण्गढ़ में है गांव वासियों को प्लिस सम्बधी मामलों के लिए रायप्र जाना पड़ता था और रायप्र से सम्बधित आपराधिक मामलों को जिला पंचकूला की अदालत में सूचीबद्व किया जाता है गांव वासियों की अस्विधा को देखते हये यह निर्णय लिया गया है अब उनके सभी काम अम्बाला में ही होंगे

उन्होंने कहा कि न्युनतम समर्थन मुल्य में वृदि किये जोने से विपक्ष के उस दावे को हवा निकल गई है जिसमें किसानों को बहकाया जा रहा था कि केन्द्र सरकार के कृषि सम्बधी तीन विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जायेगा आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय खादय निगम व राज्य की अन्य नामित एजेंसियों किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले की तरह खरीद करेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आश्वासन दिया कि किसानों की फसलों की जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी वहीं मंडियो की व्यवसथा भी पहले तरह बरकरार रहेगी उप म्ख्यमंत्री ने दोहराया कि केन्द्र सरकार ने रबी फसों के न्यूनतम समर्थन मूल्रू में वृदि कर दिखा दिया है कि यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने ब्आई सीज़न से पहले केन्द्र द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इससे किसान को फस्ल की बिजाई से पहले यह फैसला करने में मदद मिलेगी उसे किस फसल की ब्आई से अच्छा भाव मिलेगा

हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड ने झज्जर कौसली कनीना नारनौल रेलवे लाइन और कैथर शहर में ऊपरगामी रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके अन्मोदन हेत् केन्द्र सरकार को भेजी है

उन्होंने बताया कि रेल पटरी के बनने से झज्जर से नारनौल के लिए सीधा रेल सम्पर्क कायम होगा जिससे दक्षिण हरियाणा के विकास में मदद मिलेगी

आज पंचकूला जिले मे चार फरीदाबाद में दो और सिरसा में तीन कोविड मरीज़ों की मृत्यु भी ह्ई है अब कुछ ख्बरे संक्षेप में फरीदाबाद शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को डाक द्वारा चालान भेजे जाने की श्रूआत से गई है

भिवानी जिला नगर आयोजना विभाग ने आज प्लिस के सहयोग से भिवानी खरकड़ी मार्ग पर छ एकड़ मे बनाई जा रही अवैध कालोनी मे किये गये निर्माण गिरा दिये जिला नगर योजनाकार ने कहा कि अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

थैले बांटने का काम बीजेपी अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति मोर्चा और बीजेपी विधिक प्रकोष्ठ द्वारा किया गया